प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि त्यौहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में न बरते कोई ढिलाई प्रदेश से राज्यसभा की दस सीटों के लिए नामांकन के कल अंतिम दिन भाजपा के आठ प्रत्याशियों सहित एक निर्दलीय ने कराया अपना नामांकन उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का दिया आदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी जिम्मेदार जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो आर्थिक अपराध हों मादक पदार्थो का अवैध व्यापार हो मनी लॉन्ड्रिंग हो या आतंकियों को धन मुहैया करना हो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए अपराध हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरूद्व व्यवस्थित जांच प्रभावी लेखा परीक्षा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लडना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है श्री मोदी ने यह भी कहा कि सभी एजेंसियों के बीच प्रा तालमेल होना चाहिए क्योंकि तालमेल और सहकारिता की भावना समय की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गर्व से कहा जा सकता है कि देश ने घोटाले के युग को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने कहा कि आज गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के जरिए शत प्रतिशत सहायता राशि उनके बैंक खातों कें जरिए भेजी जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार अब नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयत्नशील है सरकार की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए लोग सरकार का दबाब भी महसूस न करें और उन्हें सरकार का अभाव भी महसूस न हो इसलिए बीते वर्षों में डेढ़ हजार से ज्यादा कानून खत्म किर्य गये है अनेकों नियमों को सरल किया गया है अब दूसरों के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ता घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता अब यही काम करने के लिए उसके पास डिजिटल विकल्प मौजूद है श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशकों में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सजा दिलाने में एक पूरी पीढ़ी बीत जाती थी और दूसरी पीढ़ी और भी अधिक भ्रष्टाचार करने लगती थी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के अपराध और पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले भ्रष्टाचार ने देश को खोखला करके रख दिया था कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी उदघाटन सत्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल प्रदेश के पीएम स्वनिधि लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई देश ने एक जून को पीएम स्वानिधि योजना को लांच किया था और दो जुलाई को यानि एक महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गांरटी के किफायती ऋणों के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरते उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा श्री मोदी ने कहा कि जन धन आयुष्मान उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है इसके तहत न सिर्फ तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती है कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्हों ने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे क्या गारंटी देनी होगी इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टैक्नॉलोजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कोई कागज नहीं कोई गारंटर नहीं कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी केन्द्र सरकार ने पहली जून दो हजार बीस को इस योजना की शुरूआत की थी

इसका उद्देश्य सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर दस हजार रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है इस अवसर पर प्रदेश के करीब तीन लाख लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण अंतरित किया गया प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत की आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले दस हजार रुपयों से उन्हें फल और सब्जियों का कारोबार फिर से श्रू करने में सहायता मिली प्रधानमंत्री ने प्रीति को डिजिटल भुगतान के जरिये ज्यादा से ज्यादा लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें और अधिक लाभ हो सके वाराणसी के एक अन्य लाभार्थी अरविंद ने बताया कि वह द्र्गाकृंड में मोमोज और कॉफी बेचते हैं अरविंद ने कहा कि स्वेनिधि योजना के तहत मिली राशि से उन्हें काफी मदद मिली है और इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारियों के पास भी नहीं जाना पड़ा मुझे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी सभी लोगों को फार्म भरवाए नगर निगम एक हफ्ते के बाद बैंक में बुलाया गया मेरा खाता यूनियन बैंक शाखा में है

तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया उन्होंने तुरंत अपना भर दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में दस हजार रुपये आ गए इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे पी एम स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े करीब सात लाख लोगों की पहचान की गई है इस योजना के तहत ऋण के लिए छह लाख चालिस हजार से अधिक आवेदन मिले राज्य सरकार ने करीब तीन लाख बासठ हजार स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण मंजूर किये जिनमें से करीब तीन लाख लोगों को ऋण वितरित किया गया प्रदेश से राज्यसभा की दस सीटों पर नौ नवम्बर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कल भारतीय जनता पार्टी के आठ उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे भाजपा के जिन उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चे दाखिल किये वे हैं केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अरूण सिंह नीरज शेखर बृजलाल हरिद्वार दूबे गीता शाक्य बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने भी अपना नामांकन दाखिल कराया समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और बहजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं दो नवम्बर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और नौ नवम्बर को मतदान कराया जायेगा और उसी दिन वोटों की गिनती होगी उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जांच के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा वर्तमान में ये मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है जो जांच से जुड़ी अपनी अद्यतन रेरिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश कर सकता है